प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल अनाज तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें गांवों की समुचित अर्थव्यवस्था भी शामिल है प्रधानमंत्री आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर थे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उददेश्य देश में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना दश तथा दुनिया में इसका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है

एक नया अध्याय लिखेगा इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है एग्रीकल्वर की है जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्म निर्मरता की बात है

बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में सात सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जा च्रकी है और लाखों कामगारों को रोजगार दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि अटल भ् जल योजना के तहत भू जल का स्तर बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय क विद्यार्थियों से बातचीत की और उन्हें नये भवन के लिए बधाई दी बाइट रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीखकर के निकलने वाले युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेंगी इन सुविधाओं से स्टूडेंस को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार के दौरान देश में व्यापक बदलाव हो रहा है महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का विधिवत् उदघाटन इस कोरोना काल खंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी इस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सहित कई योजनाओं को प्रभावशालो ढंग से लागू किए जाने को फलस्वरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगा है

उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सबके सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा

हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति न कहा कि यह उल्लेखनीय है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पांच खिलाडियों में से तीन बेटियां मनिका बत्रा विनेश तथा रानी रामपाल हैं राष्ट्रपति ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्वांजलि अर्पित की मेजर ध्यानचंद खिलाडियों के साथ साथ अन्य सभी देशवासियों के लिए भी एक आदर्श हैं साधारण परिवेश तथा सुविधाओं के बीच उन्होंने अपनी निष्ठा व कौशल से हॉकी के मैदान में असाधारण उपलब्धियां हासिल की अपनी सफलताओं से उन्होंने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में खेल मंत्री किरेन रिजीजू अन्य गणमान्य व्यक्ति और पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी देश के विभिन्न भागों से शामिल हुए

प्रादेशिक समाचारों के इस ब्रलेटिन में आपका फिर से स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी अन्करणीय खिलाडियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में खेलों को लोकप्रिय बनाने और खेल प्रतिभाओं की सहायता के लिए भरसक प्रयास कर रहो है

श्री जावडेकर ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाडियों को शुभकामनाएं भी दी

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को दिन में दो बार नियमित बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा कि सुबह की बैठक कोविड अस्पताल में तथा शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में की जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बिना परेशानी के खाद मिले उन्होंने खाद की काला बाजारी करने वालों के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिये राहत कार्य तत्परता से संचालित किये जाये उन्होंने बाढ़ से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कराकर शीघ्र ही मुआवजा पीड़ितों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये

इस समय देश में कोरोना मृत्यु दर एक दशमलव आठ एक प्रतिशत है